उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इस धर्म को सत्य की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा भगवान बुद्ध का ज्ञान और शिक्षा बौद्विक उदारता तथा आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारतीय परम्परा के अनुरूप है उन्होंने आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में धम्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया इसका आयोजन केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी शिक्षाएं अतीत के साथ साथ वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी नरेन्द्र मोदी ने कहा कि होनहार युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के आठ उपदेश विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह और सहकारी सभाएं अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर आत्म निर्भर भारत बनाने में सहयोग करें राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास व सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उददेश्य लोकल वोकल व ग्लोबल से है उन्होंने मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा करने से आपूर्ति अपने आप हो जाती है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी ने हमें और ज़्यादा लगन के साथ अलग अलग रणनीति अपनाकर काम करना सिखा दिया है मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की अफसरशाही ने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया है उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी प्रदेश में सभी विकासात्मक गतिविधियां बिना किसी बाधा के आगे बढ़ीं कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मृत्यु हो गई है

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के संजौली ढली और इंजन घर वार्डो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनता के नाम पत्र ओर केन्द्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों के प्रपत्र लोगों में बांटे

भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश व्यवस्थाओं की जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकला है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है बिक्रम ठाकुर आज शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को राज्य में निजी क्षेत्र में चल रहे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की नियमित रूप से निगरानी के निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए

सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी रजिस्ट्रेशन में संबंधित व्यक्ति का आने वाले स्थान तथा गंतव्य की जानकारी देनी होगी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रदेश व संबंधित ज़िला में प्रवेश करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर बताना आवश्यक है